सम्मेलन में किसानों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार किसानों को स्वालम्बी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के लिए पाँच वर्षो के दौरान बहुत सी योजनायें लागू की हैं जिसमें फसल बीमा योजना के अलावा प्रधानमंत्री किसान ॅसम्मान निधि के माध्यम से किसानों को छः हजार प्रतिवर्ष देने की घोषणा की गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सॅाइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिटटी की जाँच कराकर खेती करनी चाहिए बाइट विगत दो वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने साढ़े तीन करोड़ से अधिक किसान तक सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचाने का कार्य किया जिससे हर किसान को इस बात की जानकारी हो सके कि उसकी इस खेती में किस तत्व की कमी है और इसकी आपूर्ति हम कैंसे कर सकते हैं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमत्री कृषि सिंचाई योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा वर्षो के बाद पहली बार हो पाया

इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है

श्रीनगर में आज निःशुल्क द्रदर्शन डिश सेटटॉप बॉक्स बांटने के लिए आयोजित समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशभर में लगभग हर भाषा के सात सौ से ज्यादा टीवी चौनल काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस समय नौ करोड़ टेलीविजन डीटीएच से जूड़े हैं प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार पूरे देश में निशुल्क डीटीएच सेटटॉप बॉक्स बांट रही है देशभर में जहां दूर दराज का एरिया है सीमा पर है या लेफ्टविंग एक्सविजम का एरिया है जहां टीवी को डीटीएच ऑपरेटरस मी नहीं पहचते जहां लोगों को कनेक्टिविटी नहीं भिलती ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में मुफ्त में डीटीएच का ये सेटटॉप बॉक्स ँलोगों को दिया जायेगा तो उनको सौ चैनल भी मुफ्त दिखेगे और एटरटेनमेँट ये दोनों उनके पास आ जाएंगे समारोह में श्री जावड़ेकर ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया

इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जिला प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा भी थे अमेठी से सांसद चुने जाने के बाद पहली बार जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने आज यहाँ सबसे पहले दिवंगत भाजपा नेता व पूर्व प्रधान सुरेन्द्र सिंह के घर बरौलिया के अमरबोझा गाँव में उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की इसके बाद पत्रकारो से बातचीत करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अमेठी का विकास अब उनकी जिम्मेदारी है स्मृति ईरानी अमेठी दौरे के दूसरे दिन कल अमेठी और रायबरेली में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेगी

ॅजीएसटी के तहत व्यापार के पंजीकरण के लिए अब आधार का उपयोग किया जाएगा पहले लोगों को अनेक दस्तावेज जमा करने होते थे अब आधार के इस्तेमाल से व्यापारियों को अनेक लाभ होंगे

उन्होंने कहा कि कर्नाटक मिजोरम और तेलंगाना के वित्तमंत्री अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके

पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रमुख और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस अभियान के दौरान पार्टी समाज के उन तबको तक अपनी पहंच बनाने का प्रयास करेगी जो अभी तक पार्टी से नहीं जुड़ सके हैं उन्होंने बताया कि यह अभियान देशभर में दस लाख बूथों पर चलाया जार्येगा उन्होंने कहा कि अभियान का उददेश्य पार्टी को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाना है उत्तर प्रदेश में पार्टी के सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल पार्टी के एक करोड़ अस्सी लाख से ज्यादा सदस्य हैं और इस सदस्यता अभियान के दौरान इस ऑकड़े में बीस फीसदी की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रहेगा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को सर्वस्पर्शी और सर्व व्यापकता पदान करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सदस्यता अभियान प्रारम्भ किया जो छः जुलाई से आरम्भ होगा और ग्यारह अगस्त तक उसका समापन होगा उत्तर प्रदेश में सभी एक लाखे तिरसठ हजार बूथों तक यह सदस्यता अभियान जायेगा और बीस प्रतिशत जो सदस्यता अधिक करने की बात है जो हमारी सदस्यता पौने दो करोड़ के आसपास उसको बीस प्रतिशत करीब हर बूथ पर अधिक सदस्यता की जानी है नये सदस्य बनाये जाने है ता इस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है सर्वस्पशी और सर्वव्यापक संगठन बनाने का उस दिशा में संगठन तेजी से काम करेगा

मानसून बहुत तेजी से बढ़ा है और यह ईस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आ चुका है जो साउथ वेस्ट मानसून है यह बनारस और गाँरखपुर तक पहुंच चुका है अगले एक दो दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बरसात होगी

इस बीच प्रदेश में आज कई स्थानों पर सुबह बारिश हुई और कई स्थानों पर दिनभर बादल छाये रहे जिससे लोगों ने तपती गर्मी से राहत महसूस की

अतुल राय ने अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई थी लेकिन हर जगह उन्हें निराशा हाथ लगी अंततः उन्हें आज आत्मसमर्पण करना ही पड़ा गौरतलब है कि पिछले माह मई में उनके खिलाफ वाराणसी की एक छात्रा ने लंका थाने में दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया था

संभल के तैतिया गांव के एक ट्यूब वेल करेंट आने से चार बच्चों की कल मौत हो गई थी मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए मुतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है

कल राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कारोबार स्थितियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग जगत अपने उत्पादों का प्रतिस्पर्धी तौर पर निर्यात करने में सक्षम है इसलिए देश के विदेशी कारोबार पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा